प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की लगभग साढ़े सात करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त कर ली है इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है ईडी के सूत्रों ने बताया कि जिन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है उनमें पच्चीस प्लॉट भी शामिल है इनमें कई परिसंपत्ति ब्रजेश की मॉ और बेटे के नाम पर भी हैं उधर पटना की एक अदालत ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में बेगूसराय बालिका गृह की अधीक्षिका के खिलाफ वारंट जारी किया है कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को अधीक्षिका को हिरासत में लेकर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भागलपुर जिले के चर्चित करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में फरार चल रहे चार नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को पच्चीस पच्चीस हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फरार चल रहे चार आरोपी राजीव रंजन सिंह इन्दू गुप्ता अमित कुमार और रजनी प्रिया के काफी खोजबीन के बावजूद गिरफ्त में नहीं आने के कारण इन चारों आरोपियों पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपये का इनाम रखा गया है इस सिलसिले में सीबीआई की ओर से अखबारों में इश्तहार दिया गया है लोकसभा चुनाव में पैसे से मतदान प्रभावित करने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आयकर की टीम सभी जिलों में तैनात की गयी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि हर जिले में पांच पांच लोगों की टीम तैनात की गयी है टीम का नेतृत्व आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं इसके साथ ही पटना हवाई अड़डा पर आयकर विभाग की चार टीमें और गया हवाई अड़डे पर एक टीम लगायी गयी है इसके साथ ही राज्य स्तर पर आयकर की छह टीमों का गठन किया गया है जो राज्य भर की चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगी बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने लोकसभा की चालीस सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में बैठक की कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल के आवास पर बैठक हुई बैठक में सीटों के बंटवारे में आम सहमति बनने की बात कही जा रही है सत्रह मार्च को इसकी घोषणा की जा सकती है बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव आर एल एस पी के प्रमुख उपेन्द्र क्शवाहा हिन्द्रस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और गठबंधन के अन्य नेताओं ने भाग लिया बैठक के बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक में सीटों के बँटवारे पर चर्चा हुई और इस मुद्दे पर घटक के दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच भी सीट और उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन तेज हो गया है भाजपा के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज पटना में हो रही है जिसमें सीटों और उम्मीदवारों को नामों को लेकर चर्चा होगी बैठक में बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे उधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सीट और उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की इस दौरान चुनाव की रणनीति पर भी विमर्श हुआ

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी कहा है कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है और इसकी घोषणा जल्दी कर दी जायेगी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गयी है राजधानी पटना में पार्टी मुख्यालयों में दिन भर नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है इस बीच लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा है कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे हाजीपुर सीट के लिए उम्मीदवार का चयन पार्टी की बैठक में किया जायेगा जदयू ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि पार्टी उजियारपुर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी चूनाव आयोग ने सेना के जवानों और अफसरों के लिए पहली बार ई बैलेट पेपर डाउनलोड करने की व्यवस्था की है देश के छत्तीस सैन्य कार्यालयों में ई बैलेट पेपर डाउनलोड कर जवानों को उपलब्ध कराया जायेगा सैन्यकर्मी ई बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान के बाद इसे अपने कार्यालय में जमा करेंगे बाद में डाक के माध्यम से इसे संबंधित जिलों में भेज दिया जायेगा निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की आज नई दिल्ली में बैठक ब्रलायी है यह बैठक लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए बुलायी गई है आयोग के सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र और अशोक लवासा बैठक को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पहले परिवार के मूलधन उगाही की जांच पड़ताल की जाये तो सच सामने आ जाएगा उन्होंने आरोप लगाया कि मई दो हजार चौदह से पहले नॉर्थ ब्लॉक और उद्योग भवन के गलियारों को व्यापारियों और उद्योगपतियों को जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों के बारे में पिछले वर्ष के अपने आदेश को स्पष्ट किया है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन अधिकारियों का सेवाकाल कम से कम छह महीने बचा हो उन्हें पूलिस महानिदेशक डीजीपी पद पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा सकता है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी के पद के लिए सिफारिश और पैनल बनाया जाना पूरे तौर पर योग्यता के आधार पर होना चाहिए प्रदेश में इक्कीस से चौबीस मार्च तक बैंक बंद रहेंगे इक्कीस मार्च को होली को लेकर जबकि बाईस मार्च को बिहार दिवस को लेकर बैंक बंद रहेंगे तेईस मार्च को चौथा शनिवार है और चौबीस मार्च को रविवार है होली में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना अहमदाबाद और गांधीनगर भागलपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि होली को लेकर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है पश्चिमी चम्पारण जिले के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से रेलवे सूरक्षा बल के जवानों ने सात किलोग्राम चरस बरामद किया है बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ चालीस लाख रुपये आंकी गई है हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में बर्फवारी और चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उच्चतम तापमान में औसतन एक डिग्री सेल्सियस की कमी आयी है इधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवाती हवा के प्रभाव से आज और कल राज्य के कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है पटना के पाटलीपुत्र खेल परिसर में आज से ऑल इंडिया सीनियर डबल्स रैकिंग बैडमिंटन चैम्पियनशिप शुरू हो रही है प्रतियोगिता में देश भर के तीन सौ से ज्यादा पुरूष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं राज्य के अलग अलग स्थानों पर खेले जा रहे हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में वैशाली ने जहानाबाद को बाईस रनों से मधेपुरा ने समस्तीपुर को उनचास रनों से और कटिहार ने अररिया को दो विकेट से पराजित कर दिया वहीं अन्य मुकाबलों में सारण ने शिवहर को गोपालगंज ने सीवान को लखीसराय ने शेखपुरा को और गया ने रोहतास को पराजित किया पन्द्रह से सत्रह मार्च तक असम में खेली जा रही तेईसवीं पूर्वी क्षेत्र महिला पुरूष प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने महागठबंधन की हुई बैठक से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए विभिन्न घटक दलों के बीच सीटों की संख्या का भी जिक्र किया है अखबार ने लिखा है राजद बीस कांग्रेस ग्यारह सीटों पर लड़ेगी दैनिक जागरण ने राफेल से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है राफेल विमान सौदे के दस्तावेज लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा इसके साथ ही अखबार ने अन्य तथ्य और नेताओं के बयान प्रकाशित किये हैं प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है ब्रजेश ठाकुर की साढ़े सात करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त दैनिक भास्कर की सुर्खी है चीन ने दस साल में चौथी बार मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाया